मतदान सुबह आठ बजे से शुरू हुआ और शाम पांच बजे तक चला लोकतंत्र के इस उत्सव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया सुबह से ही मतदान स्थल पर लोग वोट डालने के लिए इकठ्ठे होने लगे युवाओं से लेकर बुजुर्गों में मतदान के लिए उत्साह देखने को मिला पोलिंग ब्रथों पर लोग कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आये प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया देहरादून में मुख्यमंत्री त्रियेंद्र सिंह रावत अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे मुख्यमंत्री ने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करे जो उनकी और क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ दूर करने की कोशिश करे

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने तीर्थनगरी ऋषिकेश में अपने मताधिकार का प्रयोग किया उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की

हल्द्वानी में बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंचे कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया

कनखल पोलिंग बूथ पर योग गुरू बाबा रामदेव वोट डालने पहुंचे इस मौके पर योग गुरू बाबा रामदेव ने कहा कि लोकतंत्र में वोट के माध्यम से अपना नेतृत्व चुनने का सबसे बड़ा अधिकार मिलता है

वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने भी अपने मताअधिकार का प्रयोग किया उन्होंने मतदान के लिए लोगों में उत्साह को देखकर खुशी जताई उन्होने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने में सक्षम जन प्रतिनिधि ही चुना जाना चाहिए

इस बार नगरपालिका बाड़ाहाट में नए क्षेत्र जोषियाड़ा सहित तिलोथ और गंगोरी के गरमपानी गणेशपुर का क्षेत्र जुड़ा है जो कि इससे पहले ग्रामीण क्षेत्र में थे इस बीच आम लोगों की नगर क्षेत्र में जुड़ने के बाद उम्मीदें जागी हैं

बाद में पता चला कि अचानक मतदान की व्यवस्था कहीं और की गई है इससे कई बुजुर्ग मतदाताओं को असुविधा हुई

इस एप के जरिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं एप के जरिए मतदाताओं को मतगणना के रूझान और परिणाम आसानी से मिल सकेंगे

राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि सभासद के लिए मतपत्र में चुनाव निशान में गड़बड़ी की वजह से इन बूथों पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है

घायलों को उपचार के लिए देहराद्न रेफर किया गया है हादसा आज दोपहर में हुआ जब यात्रियों से भरी निजी बस जानकीचट्टी से विकासनगर जा रही थी हादसे का कारण बस की स्टेयरिंग का टूटना बताया जा रहा है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हादसे पर शोक जताया है उन्होंने मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए हैं